श्री मोदी ने तमिलनाड़ में आज तिरुपूर से कई विकास परियोजना की शुरुआत भी की

शाही स्नान के दौरान विभिन्न अखाड़ों के साध संत और लाखों श्रद्दालुओं ने पवित्र संगम में ड्बकी लगाई मेला प्राधिकरण ने दावा किया है कि आज दो करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं ने संगम में स्नान किया बसंत पंचमी के बाद इस महीने की उन्नीस तारीख को माघ पूर्णिमा और अगले महीने की चार तारीख को महाशिवरात्रि के अवसर पर दो और स्नान किए जाएंगे और इसी के साथ कुम्भ मेले का समापन हो जाएगा

मुख्यमंत्री ने आज छिंदवाड़ा में मीडिया से चर्चा करते हए ये बात कही उन्होंने यहां दो सौ बीस करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन मेडीकल कालेज का निरीक्षण किया और कहा कि ये कॉलेज विश्वस्तरीय होगा ताकि इस अंचल के लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े

श्री कमलनाथ ने यहां राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण भी किया

पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ सिंह की अग्वाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर जमा हुए इन कार्यकर्ताओं ने कल राजधानी में पार्टी के मंडल अध्यक्ष पर हए कथित हमले का जिक करते हए कहा कि जगह जगह इस तरह की घटनायें सामने आ रही हैं यह प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रमाण है पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि जबसे कांग्रेस सत्ता में आई है तब से अपराध और असुरक्षा बढ़ी है राज्य सरकार इनसे निबटने में विफल साबित हुई है प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक ज्ञापन भी सौंपा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं

उन्होंने कल भोपाल में अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि विकास की दृष्टि से आज कई चुनौतियां और समस्यायें हमारे सामने है इसलिए कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिये इसके लिए गांव से आकर शहरों मे बसने वाली आबादी को भी ध्यान में रखा जाये और नगरों के विकास के लिए विशेषज्ञों की सेवायें भी ली जाये

हमारे संवाददाता ने रेल प्रशासन के हवाले से बताया है कि इस अवधि में बिलासपुर भोपाल के रास्ते जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस लखनऊ गरीबरथ संपर्ककान्ति एक्सप्रेस हमसफर एक्सप्रेसदुर्ग जम्मूतवी सहित कई लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी

इस अवसर पर सरस्वती पूजा के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गये और सामूहिक विवाह विवाह सम्मेलन भी आयोजित किये गये धार स्थित भोजशाला में आज कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना हुई साथ ही आज से यहां चार दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत भी हो गई है संतना जिले में बसंत पंचमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया जिले के रामबन में तीन दिन तक चलने वाले बसंत महोत्सव का शुभारंभ मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ हुआ यहां आज से ही बसंत मेला भी शुरू हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि पांच दिवसीय इस मेले में हिस्सा लेने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं आगरमालवा जिले में भी बसंत पंचमी ध्रमधाम से मनाई गई सरस्वती प्रजन के साथ ही दोपहर में विशेष आरती की गई और विवाह समारोह आयोजित किये गये खरगौन में बसंत पंचमी के अवसर पर कई जगह सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया इनमें साढ़े सात सौ से अधिक नवदंपत्तियों का विवाह संपन्न हुआ कृषि मंत्री सचिन यादव ने इस अवसर पर नवदंपत्तियों को आशीर्वाद दिया खण्डवा जिले के हरसूद में भी आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन आर्योजित किया गया जिसमें अड़तीस जोड़ों का विवाह और दो जोड़ो का निकाह संपन्न कराया गया उमरिया जिले में भी यह पर्व श्रद्वा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्से में शीतलहर के चलते तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है भोपाल में रात का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से पांच डिग्री कम है मौसम विभाग ने उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं और कहीं कहीं ओलों के गिरने से ठण्ड बढ़ी है भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलप्र सागर रीवा और शहडोल संभाग में दो तीन दिन मौसम ऐसा ही बना रहने और शीतलहर चलने की संभावना जताई है हमारे शिवपुरी संवाददाता के अनुसार पिछले दो दिन से सर्द हवाओं के कारण ठण्ड बढ़ गई है न्यूनतम तापमान सात से आठ डिग्री दर्ज किया गया है ठण्ड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाये जा रहे है खण्डवा जिले में भी तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है

इसमे किसानों को आध्निक खेती के आध्निक खेती की तकनीक के बारे मे जानकारी दी जायेगी

बोर्ड ने हॉकी पंजाब को दो तीन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया